झारखंड में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर संतानबे दशमलव तीन सात प्रतिशत हुई

देश भर में आज प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की मनाई जा रही है जयंती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

कोविड के खिलाफ लडाई में ऐतिहासिक कदम के रूप में ब्रिटेन फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना गया है अब यह वैक्सीन अगले सप्तीह से बाजार में आने लगेगी

उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन अगले सप्ताह से पूरे ब्रिटेन में उपलब्ध होगी वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और केयर होम में रह रहे लोगों को दी जायेगी फाइजर कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी मिलने को ऐतिहासिक क्षण बताया है

इधर भारत में तैयार हो रही चार वैक्सीन में तीन वैक्सीन आखिरी चरण के परीक्षण में है

एक हजार नौ सौ सात लोग इलाजरत हैं

स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मृत्यु दर में भी कमी आई है और यह केवल एक दशमलव चार पांच प्रतिशत रह गई है

विशेष विंडो के माध्यम से उधार ली गई धनराशि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी ेकी गई है

इसके लिए सरकार ने सभी जिलों के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है खाद्य अपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने कहा कि राज्य में एक दिसंबर से धान खरीद की प्रकिया शुरू हो गयी है उन्होंने अधिकारियों से कच्चे धान के सूखने के बाद ही उसकी खरीदारी सुनिश्चित करने को कहा है

किसानों से धान खरीद के लिए एक हजार आठ सौ अडसठ रूपये प्रति क्विंटल तय किया गया है जबकि एक सौ बिरासी रूपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जायेगा किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं किसानों के लिए ई नाम पोर्टल बनाया गया है इसके माध्यम से किसान अपने उत्पाद देश की किसी भी मंडी में बेच सकते हैं वह भी अपनी कीमत पर हजारीबाग के इचाक प्रखंड के बरकाकला में किसान इन दिनों आलू की बिक्री ऑनलाइन ई नाम पोर्टल के माध्यम से कर रहे हैं जिससे उन्हें काफी मुनाफा हुआ है

हजारीबाग बाजार समिति के सचिव राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इस कोरोना काल में किसान को सबसे ज्यादा लाभ ई नाम पोर्टल से हुआ है क्योंकि इसमें क्रेता और विक्रेता कोई एक दूसरे के संपर्क में नही आते हैं और पोर्टल के माध्यम से ही उनके उत्पाद की खरीद बिक्री हो जाती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग को कैलेंडर बनाकर समय पर परीक्षा लेने को कहा है वे कल कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की समीक्षा बैठक कर रहे थे मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा कि आवश्यक प्रमाण पत्रों का निष्पादन आवश्यक है जिससे अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में आवेदन करने में कोई परेशानी न हो इसके लिए उन्होंने कार्मिक विभाग को सभी जिलों को निर्देश जारी करने का निर्देश दिया

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने मात भाषा में तकनीकी शिक्षा देने की रूपरेखा तैयार करने के लिए कार्यबल का गठन किया है उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे की अध्यक्षता में गठित यह कार्यबल विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों पर विचार करने के बाद एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा मातृ भाषा में तकनीकी शिक्षा देने के बारे में कल आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शिक्षा मंत्री ने यह निर्णय लिया

मुख्यमंत्री ने पत्र के माध्यम से कहा कि विगत माह भी पुनर्विचार से संबंधित आग्रह पत्र काउंसिल को प्रेषित किया गया था साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से भी झारखण्ड के छात्रों के भविष्य के लिए ससमय विचार करने का अनुरोध कर चुका हूं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की आज जंयती है इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि वे निःस्वार्थ और दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने देश की नीतियां बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उपराष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें सादगी और दूसरे से प्रेम करने के लिए हमेशा याद किया जाएगा वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें भावभीनी श्रद्वांजलि दी है एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि आजादी की लड़ाई और संविधान बनाने में डॉक्टर प्रसाद की महत्वपूर्ण भूमिका थी

वहीं आज परमवीर अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि भी है इस मौके पर राज्यभर में श्रद्वांजलि कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता शहीद अल्बर्ट एक्का की पुण्यतिथि पर अल्बर्ट एक्का चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्वासुमन अर्पित की गिरिडीह पुलिस ने सीसीएल की बंद पड़ी कोयला खदानों से अवैध कोयला खनन करने के मामले में कल नौ आरोपियों के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज की है मुफस्सिल थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर बताया कि कल देर शाम सूचना मिली थी कि ओपन कास्ट कोलियरी के पीछे कोयले का अवैध उत्खनन कर उसे बाहर भेजने की तैयारी की जा रही है जिसके बाद छापामारी की गई इस दौरान सभी कोयला कारोबारी भाग निकले

वहीं ट्रूनेट टेस्ट के लिए एक हजार एक सौ रूप्ये तय किये गये सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी थानों सीबीआई इडी और अन्य जांच ऐजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाने का निर्देश दिया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज जैक बोर्ड सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड के मैट्रिक और इंटरमीडिएट के टॉपरों को सम्मानित करेंगे

स्वस्थ हुए लोगों को सभी को चिकित्सकों ने सात दिनों तक होम क्वॉरेंटीन में रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है